दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है इस बीच प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य जिला व उपमंडल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव निशा सिंह ने बताया कि कारोना वायरस के चलते स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के तहत ये कार्यक्रम रद्द किये गये हैं

कोरोना वायरस के संकमण से बचने के लिए ये उपाय किए जा रहे हैं इधर उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कल शिमला में विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य जिला प्रशासन के अधिकारियों नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल व नगर निगम के पार्षदों के साथ कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में एक बैठक की उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस बीमारी से बचाव व जागरूकता के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं

किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चन्द ने भी जिले के सभी स्कूलो को प्रातःकालीन प्रार्थना सभाओं में बच्चो को कोरोना वायरस के बारे मे जानकारी देने तथा ग्राम पंचायतों में कोरोना वायरस से संबंधित प्रचार समाग्री वितरित करने के निर्देश दिये हैं वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि मनाली विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे

इससे पहले उन्होंने बैंची मंझलीधार ब्यासर सम्पर्क सड़क की आधारशिला भी रखी

डीए की ये किस्त अप्रैल माह में मिलने वाले वाले वेतन के साथ दी जाएगी प्रधान सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है

राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ है हालांकि पिछले दो दिनों से हो रही बर्फबारी व वर्षा से राज्य के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है जिससे जनजातीय क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है कुल्लू से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार आनी बंजार सड़क मार्ग जलोड़ी जोत में बर्फबारी के चलते यातायात के लिए अवरूद्व है मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों तक मौसम के साफ रहने की संभावना जताई है अखबारों की सुर्खियों आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है कोरोना का एक और संदिग्ध टांडा में भर्ती दक्षिण अफ्रीका की टीम दुबई से होकर पहुंचेगी

हिमाचल दस्तक का शीर्षक है इसी महीने मिलेगा बढ़ा डीए अधिसूचना जारी दिव्य हिमाचल की एक खबर है अनीता और अंजु दुनिया की पहली उस्ताद इतिहास में पहली बार दो बेटियां देंगी पुलिस जवानों को ट्रेनिंग पीटीसी डरोह के लिए मिली जिम्मेदारी

दैनिक जागरण की एक खबर है फर्जी डिग्री वितरण मामला मानव भारती विश्वविद्यालय का छह मंजिला परिसर सील दैनिक सवेरा टाईम्स केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखता है जैनरिक दवाओं पर भ्रम दूर करना डॉक्टरों का जिम्मा मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला की सुर्खी है मार्च में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड एक की मौत तीन एनएच समेत दर्जनों सड़के बंद उद्घाटन तक अटल टनल से एंबुलेंस की भी आवाजाही बंद इसी अखबार की एक अन्य खबर है आपका फैसला के शब्द हैं हिमाचल में बारिश व बर्फबारी ने बढाई मुश्किलें तापमान गिरा